वहीं चांगलांग से पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति बिहार और उत्तर प्रदेश से जबकि नामसाई का तमिल नाड् से लौटा था सभी पॉजिटिव मामलों की प्ष्टि क्वारंटिन स्विधा केंद्र से हुई है सभी मरिजों में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए और उन्हें कोविड केयर सेंटर भर्ती कराया गया है

ठिक हए पांच मरिजों में से चार चांगलांग से और एक तिरप जिले से है

इसमें बहृत मामूली संक्रमण और संक्रमण से पूर्व की स्थिति संबंधी वर्गीकरण शामिल हैं देश में बड़ी संख्या में सामने आ रहे बेहद कम लक्षण वाले संक्रमण पीड़ित मरीजों के मद्देनज़र बाकी मरीजों पर लागू नियमावली का दायरा बढ़ाया गया है संशोधित नियमावली में मंत्रालय ने कहा है कि जो मरीज घरों में रहने में सक्षम हैं और उन्हें वहीं डॉक्टरों का इलाज संभव है उनपर नये नियम लागू होंगे इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में मरीज के आवास पर अलग कमरे में ज़रूरी चिकित्सा स्विधा दी जानी चाहिये और वहीं परिवार से संपर्क में आये लोगों को अलग रखने की व्यवस्था होनी चाहिये मंत्रालय ने यह भी कहा कि एचआईवी प्रत्यारोपण वाले व्यक्ति और कैंसर थैरेपी वाले मरीजों को घर में अलग नहीं रखना चाहिये

मंत्रालय ने यह भी कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर ही एचसीक्यू प्रोफीलैक्सी लेनी चाहिये मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड संक्रमित रोगियों में गंभीर लक्षण दिखाई देने पर पर उन्हें तत्काल डाक्टर को दिखाया जाना चाहिए

इसमें बच्चों को घर पर ही शिक्षा प्रदान करने के लिए टेक्नोलाजी और सोशल मीडिया साधनों का उपयोग करने के बारे में शिक्षकों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी दिये गये हैं

प्रेस सुचना कार्यालय पी आई बी ने एक ट्वीट में इस वाट्सअप मैसज को फर्जी बताया है उसने वाट्सअप मैसज में दिये गये वेबसाइट पते को भी गलत बताया है और लोगों की इससे सावधान रहने की सलाह दी है